उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने आगामी दो सालों में विधायक निधि के अन्तर्गत एक एक करोड़ रुपये की कटौती का भी निर्णय लिया है

जिसके पास कोई भी राशन कार्ड नहीं होगा उन्हें राशन किट दिया जाएगा

उन्होंने कहा कि होम क्वारंटीन में रखे गए लोगों पर विशेष नजर रखी जाए साथ ही अफवाह फ्र्लाने वालों पर भी कार्रवाई की जाए

आपको बता दें कि जिले में अब तक तीन लोगों में कोरोना वायरस की प्ष्टि हुई हण एक कोरोना पॉजिटिव रुड़की में मिला था

म्ख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ मीनू रावत ने बताया कि घनसाली क्षेत्र से काफी संख्या में लोग विदेश में नौकरी करते हैं और इस समय कुछ लोग अपने घरों को लौटे हैं

जिससे सब्जी दूध दवा आदि के वाहनों का आवाजाही बाधित हो गई हण इससे चंपावत जिले के साथ ही पिथौरागढ़ में भी जरूरी सामान नहीं पहुंच पाया

आज की पूर्णिमा की सबसे खास बात है